मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत खिलौना मेला आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और देश की सदियों पुरानी परंपराओं को मज़बूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है भारत खिलौना मेले का वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करते हुए श्रो मोदी ने कहा कि भारत के स्थानोय खिलौने अपेक्षाकृत अधिक सस्ते और पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं से निर्मित हैं उन्होंने भारतीय खिलौना निमाताओं से पर्यावरण और मस्तिष्क के अनुकूल खिलौने बनाने का आहवान किया श्री मोदी न कहा कि पहला खिलौना मेला व्यापारिक या आर्थिक गतिविधि नहीं है बल्कि देश के सदियों पुराने खेलों की संस्कृति को मजबूती प्रदान करने का आयोजन है श्री मोदी ने कहा कि भारत में शुरू हुआ शतरंज का खेल विश्वभर में प्रसिद्ध है उन्होंने कहा कि भारत में शतरंज पहले चतुरंग या चदुरंग और लूडो को पच्चीसी के रूप में खेला जाता था प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के खिलौना उद्योग में बहुत बड़ी ताकत छिपी है और आत्मनिर्भर भारत अभियान से इसमें और वृद्धि हो रही है बाइट खिलौनों के क्षेत्र में भारत के पास क्रेडिशन भी है और टेक्नोलॉजी भी है भारत के पास कॉनसेप्ट भी है और कॉनफिडेन्स भी है हम दुनिया को ईको फ्रेंडली टॉय्स की ओर वापस लेकर जा सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कम्यूटर गेम्स के जरिए भारत की कहानियों भारत की जो मूलभूत मूल्य हैं उन कथाओं को द्वनिया तक पहुंचा सकते हैं लेकिन इन सबके बावजूद सौ बिलियन डॉलर के वैश्विक खिलौना बाजार में आज हमारी हिस्सेदारी बहुत ही कम है

हमें खेल और खिलौनों के क्षेत्र में भी देश को आत्मनिर्भर बनाना है

श्री मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति में खेल और गतिविधि आधारित शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है बाइट हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है प्ले आधारित और गतिविधि आधारित शिक्षा को बड़े पैमाने पर शामिल किया गया है एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें बच्चों में पहलियों और खेलों के माध्याम से तार्किक और रचनात्मक सोच बढ़े इस पर विशेष ध्यान दिया गया है श्री मोदी ने कहा कि अगर आज मेड इन इंडिया की मांग है तो हैंड मेड इन इंडिया की मांग भी उतनी ही है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में टॉय टूरिज्म की संभावनाओं का सुदृढ़ किया जा रहा है राज्यों को बराबर भागीदार बनाकर टॉय क्लस्टर विकसित करने का प्रयास श्री मोदी ने देश के विभिन्न स्थानों सहित वाराणसी के कश्मीरीगंज खोजवा के लकड़ी के खिलौना उद्योग से जुड़े रामेश्वर सिंह से संवाद करते हुए कहा कि खिलौना कारोबारियों को खिलौने बनाने में प्लास्टिक का कम स कम इस्तेमाल करना चाहिये

दो मार्च तक जारी रहने वाले इस आयोजन में एक हजार से ज्यादा खिलौना निर्माता भाग ले रहे हैं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

आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नटवर्क पर इसका प्रसारण होगा

मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चनलों पर भी सीधा प्रसारित होगा आकाशवाणी से हिन्दी में प्रसारण के फौरन बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसे प्रसारित किया जायेगा इसी क्रम में आकाशवाणी लखनऊ द्वारा इसका उर्दू अनुवाद प्रसारित किया जायेगा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

प्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र और केरल से लौट रहे लोगों के लिए नये दिशा निर्देश जारी किए हैं कोरोना के बढ़ते मामलों क मददेनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सतर्क रहने और आवश्यक मामलों में कोरोना जांच अनिवार्य रूप से किये जाने पर बल दिया है एक रिपोर्ट राज्य सरकार ने केरल और महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों के लिए सर्विलांस क्वॉरेंटाइन कोविड जांच और पृथकवास को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद द्वारा जारी किए गए इन दिशा निर्देशों के मुताबिक दोनों राज्यों से आने वाले सभी यात्रियों की हवाई अड्डों पर कोविड जांच जरूरी होगी सभी यात्रियों को रैपिड एंटीजन टेस्ट से गुजरना होगा और अगर उनमें लक्षण पाए जाते हैं तो फिर आरटी पीसीआर पद्धति से टेस्ट किया जाएगा

अगर यह रिपोर्ट नेगेटिव भी आती है तो भी एक हफ्ते का प्रथकवास जरूरी होगा शहरी क्षेत्रों में मोहल्ला कमेटियों और ग्रामीण इलाकों में ग्राम निगरानी समितियों को इन दोनों राज्यों से लौटे लोगों के प्रथकवास और उनके स्वास्थ्य के हालात पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

राज्य के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने आज लखनऊ में मीडिया को यह जानकारी दी

इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के कृष्णानगर स्थित संत रविदास मंदिर में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की इस दौरान श्री योगी ने कहा कि संत रविदास का जीवन चरित्र सबके लिये प्रेरणा का स्रोत है

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा काशी स्थित संत रविदास जी की जन्मस्थली का सौन्दर्यीकरण कराया जा रहा है उधर वाराणसी में गुरू रविदास की जन्मस्थली काशी में देश विदेश से आये श्रद्वालु की खासी भीड़ है इस अवसर पर भजन कीर्तन और लंगर का आयोजन किया गया है केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री धमेन्द्र प्रधान ने काशी स्थित गुरू रविदास मंदिर में आज मत्था टेका और प्रार्थना की मथुरा और हमीरपुर सहित कई जिलों में संत रविदास का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया इस अवसर पर शोभा यात्राएं और संत रविदास के जीवन चरित्र पर आधारित गोष्ठियों का आयोजन किया गया माघी पूर्णिमा के अवसर पर आज श्रद्वालुओं ने प्रदेश की विभिन्न नदियों में आस्था की डुबकी लगाई वाराणसी में प्रातःकाल से ही गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा नदियों से लेकर मठों और मंदिरों तक हर हर गंगे और हर घर महादेव के नारों से गुंजायमान रहा वहीं कुशीनगर की पवित्र नारायणी नदी में भारी संख्या में लोगों ने स्नान कर दान पुण्य किया तीर्थ राज प्रयाग में इस दिन स्नान दान और यज्ञ का विशेष महत्व है संगम तट पर एक माह का कल्पवास करने वाले श्रद्वालुओं के लिये यह तिथि एक खास पर्व है माघी पूर्णिमा पर एक माह का कल्पवास पूरा हो जाता है इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माघ मेले में स्नान के लिये देश विदेश से आये संतो श्रद्वालुओं और कल्पवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं राज्य में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण और कर चोरी रोकने के लिये तैंतीस ज़िलों में सचल जांच दल बनाय गये हैं